तेरह और चौदह नवम्बर को आयोजित होने वाले ब्रिक्स सम्मेलन का विषय है उन्नत भविष्य के लिए आर्थिक विकास यह छठा अवसर है जब प्रधानमंत्री श्री मोदी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं ब्राजील रूस भारत चीन और दक्षिण अफ्रीका ब्रिक्स के सदस्य हैं प्रधानमंत्री ब्रिक्स व्यापार मंच के समापन समारोह में भी शामिल होंगे ब्रिक्स व्यापार परिषद की बैठकों के लिए नोडल संगठन भारतीय वाणिज्य और उद्योग परिसंघ फिक्की के एक अधिकारी ने आकाशवाणी संवाददाता को बताया कि भारत से बड़ा व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल ब्रिक्स बिजनेस फोरम में भाग ले रहा है सम्मेलन के दौरान सदस्य देशों के उद्योगपति और व्यवसायी भी ब्राजील में रहेंगे प्रधानमंत्री का रूस के राष्ट्रपति व्लादीमिर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ द्विपक्षीय बैठकों का भी कार्यक्रम है ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान सदस्य देशों के बीच समकालीन विश्व में राष्ट्रीय संप्रभुता के लिए चुनौतियों और अवसरों पर चर्चा होने की संभावना है मुख्य सत्र के दौरान सदस्य देशों के बीच आर्थिक सहयोग पर मुख्य रूप से चर्चा होगी आज लोक सेवा प्रसारण दिवस मनाया जा रहा है यह दिवस उन्नीस सौ सैंतालिस में आकाशवाणी दिल्ली के स्टूडियो में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के पहली और आखिरी बार आने की स्मृति में हर वर्ष मनाया जाता है उस दिन राष्ट्रपिता ने विभाजन के बाद अस्थायी रूप से हरियाणा के कुरुक्षेत्र में ठहराए गए विस्थापितों को आकाशवाणी से संबोधित किया था इस उपलक्ष्य में आज आकाशवाणी ने अपने दिल्ली परिसर में एक समारोह का आयोजन किया इस अवसर पर आकाशवाणी के लाखों श्रोताओं को श्र्मकामनाएं देते हुए प्रसार भारती अध्यक्ष डॉ ए सूर्यप्रकाश ने कहा कि इतिहास में यह दिन महत्वपूर्ण है क्योंकि इस दिन महात्मा गांधी आकाशवाणी स्टूडियो में आए थे प्रसारण दिवस के अवसर पर आकाशवाणी के सुनने वालों को मेरी ओर से शुभकामनाएं

आकाशवाणी ने अपने मूल मंत्र बहुजन हिताय बहुजन सुखाय को बखूबी निमाया है सिख पंथ के संस्थापक गुरु नानक देव जी की पांच सौ पचासवीं जयंती प्रकाश पर्व के रूप में आज देश भर में श्रद्वा और उल्लास के साथ मनायी जा रही है गुरु नानक देव जी का जन्म चौदह सौ उनहत्तर में कार्तिक महीने में पूर्णिमा के दिन हुआ था राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पंजाब के कपूख्यला जिले में सुल्तानपुर लोघी में आयोजित कार्यक्रमों में भाग लिया इस अवसर पर राष्ट्रपति ने गुरूनानक देव जी के आदर्शों के बारे में बताया ग्रूनानक देव जी ने मानवता को नाम जपो किरत करो वंड छको का महामंत्र दिया जिसका अर्थ हम सब लोग जानते है ईश्वर का नाम जपो ईमानदारी और मेहनत से अपना काम करो और जो कुछ भी कमाई करो उसे लोगों के साथ मिल बांटकर छको अब ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि अपने जीवन में इन आदर्शो को ढालकर समाज की विषमताएं दूर करने में जुट जाएं उधर गोरखपुर प्रतापगढ़ सुल्तानपुर सहित प्रदेश भर के गुरूद्वारों में आज सुबह से ही श्रद्वालुओं की भीड़ है इस अवसर पर नगर कीर्तन और शोभायात्राये निकाली जा रही हैं गुरूद्वारों में श्रद्वालुओं के लिये विशाल लगर का आयोजन किया गया है प्रदेश की राज्यपाल आनन्दीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्वनाथ ने गुरु नानक देव जी के पांच सौ पचासवे प्रकाश पर्व पर प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर प्रदेश में आज सुबह से ही लाखों श्रद्वालु पवित्र नदियों गंगा यमुना सरयू गोमती में स्नान कर रहे हैं प्रदेश में विमिन्न स्थानों पर आज कार्तिक पूर्णिमा पर मेले लगे हैं अयोध्या में आज कार्तिक पूर्णिमा पर श्रद्वालुओं ने सरयू नदी में पवित्र स्नान किया कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच इस वर्ष राम नगरी में सरयू के घाटो पर श्रद्वालुओं को संख्या कम रहे हिंदी के बारह मासों में प्रमुख माना जाने वाला कार्तिक महीना भगवान विष्णु को समर्पित होता है इसमें लोग विभिन्न नदियों विशेषकर गंगा में स्नान दान यज्ञ होम उपासना करते है काशी में यह पर्व देव दीपावली के रूप में मनाया जाता है वाराणसी में घाटों को शाम के समय दीपों से रोशन करने की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है हजारों की संख्या में श्रद्वालु दशाश्वमेध समेत अन्य घाटों पर जुटे हैं वाराणसी में देव दीपावली को देखने के लिए देश विदेश से श्रद्वालु आए हुए हैं कार्तिक पूर्णिमा और देव दीपावली को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं प्रदेश की राज्यपाल आनन्दीवेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को कार्तिक पूर्णिमा पर बघाई दी है अपने शुभकामना सन्देश में मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय सांस्कृतिक परम्परा में इस अवसर का विशेष महत्व है भगवान विष्णु ने इसी दिन मत्स्य अवतार लेकर प्रलय के अंत तक सप्त ऋषियों एवं वेदों की रक्षा की जिससे पुनः सृष्टि का निर्माण सम्मव हो सका इसके साथ ही भगवान शंकर ने इसी दिन त्रिपुरासुर नामक राक्षस का अंत किया उन्होंने कहा कि यह पर्व मानव मात्र को प्रकृति से जुड़ने का अवसर प्रदान करता है